धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्त्रां होटल और कार्यालय आज से खोले गये

केन्द्र सरकार ने बिहार को एक सौ वेंटिलेटर दिये

अब तक दो हजार पांच सौ बयालीस लोग हो चुके हैं स्वस्थ

लॉकडाउन में बंद हुए धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्त्रां होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तो के साथ खुल गए हैं कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेंगे इन जगहों पर सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा एक रिपोर्ट साउंड बाईट दिशानिर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे इन स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी साथ ही लोगों को प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की इजाजत नहीं होगी श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाने और छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा

वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि मस्जिदों में भी सामाजिक दूरी के पालन और सेनिटाइजेशन के उपाय किए गए हैं सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं कर्मचारियों और ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें कोविड उन्नीस के लक्षण नहीं होंगे बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं मॉल के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे सुरक्षित दूरी के नियम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करें इनमें खान पान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के केवल पचास प्रतिशत लोगों को आने की अनुमति होगी रेस्त्रां के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाए खाद्य पदार्थों को पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास स्वास्थ्य की स्थिति पहचान कार्ड और स्व उद्घोषणा प्रपत्र रिसेप्शन पर देना होगा हर अतिथि के होटल छोड़ते समय कमरों और अन्य सेवाओं को कीटाणु रहित करना अनिवार्य होगा रसोई क्षेत्र को समय समय पर सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा इधर बिहार में भी मंदिर मस्जिद गिरिजाघर और गुरूद्वारा आज से दर्शनार्थियों के लिये खोल दिये गये हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इन धर्म स्थलों पर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है बोधगया स्थित विष्णुपद मंदिर दरभंगा के श्यामा मंदिर सीतामढ़ी के रामजानकी मंदिर मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मधेप्रा के सिंहेश्वर स्थान और पावापुरी के जल मंदिर समेत लगभग सभी मंदिरों के पट आज सुबह खुल गये देर रात तक प्रजा स्थलों के सेनेटाईजेशन का काम किया गया धर्म स्थलों में पैंसठ वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक है सभी श्रद्धालुओं के लिये मास्क और मंदिर में प्रवेश से पूर्व हैंड सेनेटाईजेशन अनिवार्य किया गया है राज्य सरकार के निर्देश पर मंदिरों में सिर्फ दर्शन की अनुमति दी गयी है प्रसाद चढ़ाने पर रोक रहेगी और मंदिर परिसर में किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं होगा पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में लोगों को अंग्रेजी के वर्णमाला के नाम के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है वहीं पटना के तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिये सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शॉपिंग मॉल होटल और रेस्टोरेंट भी आज से खुल गये हैं इन स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है हालांकि आम दिनों की तुलना में आज इन जगहों पर काफी कम भीड़भाड़ देखने को मिली इधर प्रदेश के सरकारी और निजी कार्यालयों में आज से पूरी क्षमता के साथ काम शुरू हो गया है सरकारी कार्यालयों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन हो रहा है कर्मियों को कार्यालय में प्रवेश देने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है साथ ही एक कर्मी से द्रसरे कर्मी के बैठने की जगह के बीच कम से कम छह फीट की द्री रखी गयी है कर्मियों के एक साथ बैठकर अल्पाहार करने पर भी रोक है देश भर में आज से भारतीय पुरातत्व सर्वे एएसआई द्वारा संरक्षित आठ सौ बीस स्मारकों को भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षित खंडहरों को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर को दस जून से खोला जायेगा प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ पांच नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच हजार एक सौ पचहत्तर हो गयी है आज सबसे अधिक मध्रबनी से उन्नीस मामले सामने आये हैं मुंगेर और सीवान से ग्यारह ग्यारह बक्सर से दस अरवल से नौ गया से छह और कटिहार तथा पश्चिम चंपारण से पांच पांच मामलों की पुष्टि हुई है मुजफ्फरपुर और रोहतास से चार चार किशनगंज सहरसा समस्तीपुर और सुपौल से तीन तीन गोपालगंज मधेपुरा और शेखपुरा से दो दो तथा भोजपूर पटना और वैशाली से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक दो हजार पांच सौ बयालीस लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी है जबकि इस महामारी से इकतीस लोगों की मौत हो चुकी है उन्होंने बताया कि कोविड उन्नीस के पुष्ट मामलों में से तीन हजार आठ सौ चौदह प्रवासी लोगों के हैं इस महामारी से अब तक दो हजार पांच सौ बयालीस लोग स्वस्थ हो गये हैं जबकि इकतीस लोगों की मौत हुई है देश में अब तक कोविड उन्नीस के संक्रमण से एक लाख चौबीस हजार चौरानवे लोग ठीक हो चूके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकडों में बताया गया है कि एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ इक्यासी लोगों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ हजार नौ सौ तिरासी नये मामले आए है अब तक सात हजार एक सौ पैंतीस लोगों की मौत हुई है बिहार को केन्द्र सरकार से एक सौ वेंटिलेटर मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा तीस वेंटिलेटर राज्य सरकार ने अपने स्तर से भी मंगवाये हैं उन्होंने बताया कि पंद्रह वेंटिलेटर को पटना के एनएमसीएच में लगाया जा चुका है इसके अलावा अभी यहां पैंतीस और वेंटिलेटर लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि एएनएमसीएच गया और भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी दस दस वेंटिलेटर लगाया जाना है इसके अलावा मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के पीकू अस्पताल में पचास वेंटिलेटर लगाये जायेंगे

उन्होंने कहा कि बीस जून तक प्रतिदिन दस हजार जांच के लक्ष्य को हासिल कर लिया जायेगा उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड उन्नीस के इलाज के लिये आईसोलेशन बेड की संख्या तैंतीस हजार चार सौ अंठावन है बिहार में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है वहीं मृत्यू दर अपेक्षाकृत काफी कम है स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता के कारण ऐसा संभव हुआ है अब इस बात की पटना के आईजीआईएमएस स्थित जेनेटिक लैब में जांच होगी कि आखिर कौन सा ऐसा जीन है जिस कारण बिहार के लोगों के स्वस्थ होने की दर अपेक्षाकृत अधिक है आईजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास ने बताया कि प्रयोगशाला में अलग अलग मानव शरीर पर कोरोना के असर की जानकारी एकत्र की जायेगी साथ ही उन कारकों की भी खोज की जायेगी जिसके कारण बिहार के लोगों पर अन्य राज्यों के लोगों की अपेक्षा कोरोना का प्रभाव कम हुआ है उन्होंने कहा कि इस खोज से कोरोना के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कहा है कि कोविड उन्नीस के मामलों की संख्या में भारत अभी अपने शिखर पर नहीं पहंचा है

डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित दूरी हाथ धोने और मास्क पहनने पर बल दिया

द्रसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों के बिहार लौटने का सिलसिला समाप्ति की ओर है आज गोवा और पंजाब से एक एक ट्रेन तैंतीस सौ यात्रियों को लेकर पहुंची कल भी राजस्थान और तमिलनाडु से एक एक ट्रेन तैंतीस सौ यात्रियों को लेकर पहुंच रही हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कल तक एक हजार पांच सौ चार रेलगाड़ियों के माध्यम से इक्कीस लाख से अधिक प्रवासी लोगों की राज्य वापसी हुई है एक जून के बाद प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक अड़तीस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वहीं तेरह प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं इस दौरान छह हजार पांच सौ अड़तीस वाहन जब्त किये गये हैं और एक करोड़ अस्सी लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है प्रदेश के कई जिलों में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिये जागरूक करने के लिये अनेक अभियान चलाये जा रहे हैं बक्सर जिले में रोको टोको अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया गया इसमें लोगों को मास्क वितरण के साथ ही बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गयी वहीं बेगूसराय और वैशाली जिले के हाजीपुर में जागरूकता रथ के जरिये लोक गीतों के माध्यम से लोगों को दो गज की दूरी के नियम का पालन करने की सलाह दी गयी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पूलिस में सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के लिये हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है अगले चरण की शारीरिक परीक्षा के लिये पद से पांच गूणा अधिक अभ्यर्थी चयनित किये गये हैं शारीरिक परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जायेगी राज्य सरकार ने पंचायत स्तरीय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है अभ्यर्थी पंद्रह जून से चौदह जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे मेधा सूची तैयार करने का काम अठारह जुलाई तक पूरा कर लिया जायेगा वहीं इस सूची का नियोजन समिति द्वारा इक्कीस जुलाई को अनुमोदन होगा और तेईस ज़लाई को इसका प्रकाशन किया जायेगा चौबीस ज़ुलाई से सात अगस्त तक अभ्यर्थी मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे आपत्तियों का निराकरण दस अगस्त तक प्ररा कर लिया जायेगा मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन बारह अगस्त को होगा वहीं पच्चीस अगस्त को नियोजन इकाई मेधा सूची सार्वजनिक करेंगे अटठाईस अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी और इकतीस अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों को बीच नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा नियोजन प्रक्रिया में एनआईओएस द्वारा संचालित अठारह माह के सेवाकालीन डीएलएड कोर्स करने वाले और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे प्रदेश में मौसम के रूख में लगातार उतार चढ़ाव जारी है अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में दस जून से मौसम में बदलाव की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है वहीं दस और ग्यारह जून को हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है बारह और तेरह जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है दरभंगा जिला व्यवहार न्यायालय में आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिये दो वर्चूअल कोर्ट बनाये जायेंगे लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र से पूलिस ने कुख्यात नक्सली महंगू कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तारी नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक टैंकर की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गयी और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्त्रां होटल और कार्यालय आज से खोले गये

केन्द्र सरकार ने बिहार को एक सौ वेंटिलेटर दिये

अब तक दो हजार पांच सौ बयालीस लोग हो चुके हैं स्वस्थ